एक महीने तक चलने वाले इस सर्वेक्षण के आधार पर चुने जाने वाले सबसे अच्छे जिलों और राज्यों को गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जायेगा

इनमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालयों का निर्माण और उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता का प्रत्यक्ष अवलोकन और ग्रामीणों की मौखिक तथा ऑनलाईन राय शामिल है देश में नदियों को जोडने की योजना के लिये तेजी से काम किया जा रहा है

केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने कल जयपुर के जमवारामगढ़ में खरकड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय के अटल सेवा केन्द्र पर अपने संबोधन में ये बात कही उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर काम चल रहा है जिसमें रामगढ बांध भी शामिल है श्री राठौड ने कल जमवारामगढ़ के कॉलेज से पौध रोपण अभियान की शुरूआत भी की श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर धानमंडी में कल किसान खेल मेले में टीन शेड गिर जाने से बीस से अधिक लोग घायल हो गये अर्तिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ट्रैक्टर प्रतियोगिता के दौरान ये हादसा हुआ घायल लोगों को पदमपुर अस्पताल पहुंचाया गया कुछ घायलों को गंगानगर अस्पताल भी भेजा गया मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने हादसे पर दुःख व्यक्त करते हुए हादसे की जांच के निर्देश दिए हैं वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव अशोक गहलोत ने इस हादसे पर दुःख जताते हुए कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए स्मार्ट सिटी और अन्य कार्यों के तहत जयपुर के परकोटे की गन्दी नालियों की मरम्मत और सफाई पर सत्रह करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे और कचरा फैलाने वालो से जुर्माना वसुला जायेगा जयपुर नगर निगम के महापौर अशोक लाहोटी ने कल परकोटे की गन्दी नालियों का औचक निरीक्षण करने के बाद ये बात कही उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी और अन्य कार्यों के तहत परकोटे की गन्दी नालियों की मरम्मत और सफाई का काम शुरू कर दिया गया है उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि गन्दी गलियों को साफ करने की तारीख दीवारों पर भी अंकित की जानी चाहिए श्री लाहोटी ने अधिकारियों से कहा कि गलियों की सफाई करने पर मकान मालिकों से गलियों में कचरा नहीं डालने का शपथ पत्र भी लिया जाये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कुछ व्यक्तियों के उन दावो को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि उन्होंने एक लोक सेवक की आधार संख्या का इस्तेमाल कर उसका व्यक्तिगत ब्यौरा हासिल किया है प्राधिकरण ने कहा है आधार ने लोगों के बीच डिजिटल भरोसा कायम किया है प्राधिकरण के अनुसार आधार का डेटाबेस पूरी तरह सुरक्षित है प्रदेश में फसल बीमा योजना के तहत लहसून और प्याज को भी शामिल कर लिया गया हैं कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कल भीलवाडा में मेवाड मारवाड कृषि विभागीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही उन्होंने कहा कि किसान खेतों में नई तकनीक अपनाकर ज्यादा मुनाफा हासिल कर सकते है प्रदेश के प्रसिद्ध बाबा रामदेव मेले की तैयारियों को लेकर जैसलमेर के रामदेवरा में बैठक आयोजित की गई जिला कलेक्टर ओम कसेरा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पुलिस प्रशासन मंदिर संचालन समिति और रामदेवरा पंचायत के लोग उपस्थित थे

सावन महीने के पहले वन सोमवार पर आज शिवालयों में भक्तों की भीड उमड रही है जयपुर के प्रसिद्व ताडकेश्वर और झारखण्ड महादेव मंदिरों के बाहर लोगों की भीड देखी जा रही है

कल से ही कावड यात्राएं शुरू हो गई है विभिन्न तीर्थ स्थलों से लाये गये जल से आज भगवान शिव का जलअभिषेक किया जा रहा है महादेव मंदिरों में आज दिनभर जलाभिषेक और रूद्राभिषेक के आयोजन होंगे वहीं मंदिरों को विशेष ढंग से सजाकर शाम को भजन संध्या के भी आयोजन होंगे इधर देवस्थान विभाग की ओर से सावन के सभी सोमवारों पर प्रदेश के शिव मन्दिरों में रूद्राभिषेक का आयोजन करवाने की व्यवस्था की गई है ये आयोजन हर जिले के चार शिव मंदिरों में राजस्थान संस्कृत अकादमी के वेदपाठी पण्डितों द्वारा पूरे विधि विधान से सम्पन्न कराये जाएंगे